उन्होंने आजाद हिन्द सरकार की स्मृति में एक विशेष पट्टिका का भी अनावरण किया प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिन्द सरकार ने सभी क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रमों का सुजन किया था उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एकमात्र उद्देश्य भारत को आज़ादी दिलाना था

इसमें कवियों ने अनेक रचनाएं प्रस्तुत कर देश की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद किया सम्मेलन में हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार नशे के दुष्प्रभावों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेगी ताकि युवा पीढ़ी को इस बुराई से बचाया जा सके सोलन के ठोडो मैदान में आज नशा निवारण रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे की आदत चिंताजनक है और राज्य सरकार ने इस पर अंकृश लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों से नशे की तस्करी पर नज़र रखने के निर्देश दिए हैं

इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोलन में जिले के पहले महिला पुलिस थाने का लोकार्पण करने के अलावा वाल्मीकी प्रकाशोत्सव में भी भाग लिया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल और सांसद वीरेन्द्र कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहे बाद में मुख्यमंत्री ने बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के परीक्षा हॉल का लोकार्पण और खेल स्टेडियम की आधारशिला रखी ऑर्थोपेडिक्स इससे पूर्व मण्डी में कल शाम ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के सम्मेलन में जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अधिक से अधिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने को प्रयासरत है ताकि दुर्घटना की स्थिति में लोगों को तुरंत चिकित्सा सुविधा दी जा सके उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य हिमाचल में दुर्घटनाओं की संभावनाएं अधिक रहती हैं ऐसे में ऑर्थोपेडिक्स विशेषज्ञों की भूमिका और बढ़ जाती है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि ऑर्थो के क्षेत्र में आई नवीनतम तकनीक से राज्य के लोग लाभान्वित हो रहे हैं नाको हिमालयन कृषि व विकास संगठन ने किन्नौर ज़िले के नाको गांव को जैविक गांव घोषित किया है नाको में आज कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा की मौजूदगी में हुए एक कार्यक्रम में संगठन ने ये घोषणा की इस दौरान कृषि मंत्री ने स्थानीय बागवानों द्वारा जैविक पद्वति से तैयार सेब के एक ट्रक को भी रवाना किया मारकण्डा ने कहा कि संगठन ने हिमफैड के सहयोग से नाको में जैविक खेती के विपणन के लिए प्रयास किए हैं उन्होंने किसानों से सेब के अलावा अन्य फलों और सब्जियों को भी जैविक तकनीक से उगाने का आहवान किया

एक बयान में खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये योजना सफल साबित हो रही है उन्होंने बताया कि योजना के तहत अगले दो वर्ष में प्रदेश के हर परिवार को गैस कनैक्शन देने का लक्ष्य है आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत द्वारा नागपुर में विजयदशमी के मौके पर दिए गए संबोधन पर शिमला में आज एक परिचर्चा का आयोजन किया गया इसमें संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख अनिरूद्व देशपांडे मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे परिचर्चा में कई प्रबुद्ध जनों ने बेरोज़गारी की समस्या बागवानी शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और अपने सुझाव भी दिए इसमें संघ के प्रांत संघ चालक वीर सिंह रांगड़ा प्रांत कार्यवाह किस्मत कुमार प्रांत प्रचारक संजीवन कुमार शिमला विभाग के संघ चालक राज कुमार वर्मा सहित मीडिया क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया कॉरपोरेट कार्यालय भारत सरकार के विद्युत सचिव अजय कुमार भल्ला ने शिमला के समीप शनान में आज सतलूज जल विद्युत निगम के कॉरपोरेट कार्यालय का शुभारम्म किया

और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट डिस्पैच सतलूज जल विद्युत निगम के अध्यक्ष नन्द लाल शर्मा ने अकाशवाणी को बताया कि इस कार्यालय परिसर का डिजाइन हरित भवन की संकल्पना के साथ किया गया है

भारत सरकार के विद्युत सचिव अजय कुमार भल्ला ने शिमला में स्थापित निगम के इस कॉरपोरेट कार्यालय के डिज़ाइन की सराहना की है

इस अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और पुलिस संग्रहालय देश को समर्पित किया उन्होंनें आज़ादी के बाद से अब तक शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धासुमन भी अर्पित किए प्रधानमंत्री ने कहा कि सजग पुलिसबलों ने भय और असुरक्षा का माहौल फैलाने की साज़िश करने वालों को विफल कर दिया है प्रधानमंत्री ने आपदा राहत में सराहनीय योगदान के लिए पूलिस और अर्द्दसैनिक बलों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की हिमाचल स्मृति दिवस इधर पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए शिमला में एक कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पूलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने कहा कि पूलिस की देश की आंतरिक सुरक्षा कायम करने में अहम भूमिका है इस बीच शिमला के भराड़ी पुलिस मैदान में शहीद पूलिस जवानों को श्रद्वांजलि दी गई और परेड का आयोजन किया गया पूलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व व्यवस्था अनुराग गर्ग भी समारोह में मौजूद रहे उधर बिलासपुर के पुलिस लाइन लखनपुर में ज़िला पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पुलिस परेड़ की सलामी ली उन्होंने पुलिस बल से अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा से करने का आहवान किया खनन ऊना ज़िले में अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रशासन लगातार विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर रहा है इसी कड़ी में उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने पूलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा के साथ रामपुर हरोली संतोषगढ़ और घलुवाल पुलों का निरीक्षण किया उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए उपमण्डल स्तर पर मी टीमें गठित की गई हैं धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है हमीरपुर जिले में सुजानपुर के झनिक्कर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इन समितियों ने कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाकर गांव में ही रोज़गार सृजन के अवसर मुहैया करवाए हैं उन्होंने क्षेत्र में सस्ते राशन के डिपो का भी शुभारम्भ किया

मृतक की पहचान कोलकाता के विश्वजीत के रूप में की गई है ये सभी पर्यटक मनाली घूमने आए थे और रोहतांग की ओर जा रहे थे घायलों का मनाली अस्पताल में ईलाज चल रहा है एनएसएस शिमला ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालय खटनोल में एनएसएस कार्यकर्ता शिविर सम्पन्न हो गया है समापन अवसर पर पूर्व विधायक भगत राम चौहान ने विद्यार्थियों से खेल व अन्य गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया स्कूल के प्रधानाचार्य राहुल शर्मा और एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी दलीप ठाकुर भी शिविर में मौजूद रहे